मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर से पूरे प्रदेश में सुपोषित अभियान चलाया जाएगा वहीं राज्य के सभी ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री आज से बस्तर संभाग के दो दिवसीय प्रवास पर हैं इस मौके पर उन्होंने आज दंतेवाड़ा से सुपोषित दंतेवाड़ा सुपोषण अभियान का शुभारंभ किया और बिहान महिला समूह के सम्मेलन में भी शाामिल हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की पंचायतों में सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि आगामी दो अक्टूबर से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा वहीं बस्तर अंचल के बाद अब राज्य के अन्य सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाट बाजारों के दिन वहां चिकित्सक और पैरामेडिकल की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी आगामी दो अक्टूबर से सभी हाट बाजारों में ग्रामीणों को यह सुविधा मिलेगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के बड़ेबचेली को नया अनुविभाग बनाने सौ बिस्तर वाले जिला अस्पताल का उन्नयन दो सौ बिस्तर में करने और जिला अस्पताल में सिटी स्केन सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की इसके अलावा उन्होंने दन्तेवाड़ा में कौशल उन्नयन के लिए मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना करने कुआंकॉंडा में अगले शैक्षणिक सत्र से डिग्री कॉलेज खोलने और शंखिनी डंकनी नदी में उच्च स्तरीय पुल बनाने का ऐलान भी किया तबादला राज्य सरकार ने आज तीन जिलों के एसपी बदल दिए हैं सूरजपुर के एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल को कोरबा बटालियन भेजा गया है राजेश कुकरेजा को सूरजपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को महासमुंद से स्थानांतरित कर रायगढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है सहायक पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र शुक्ला अब महासमुंद के नए एसपी होंगे वहीं रायगढ़ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है रेलवे समयबद्धता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने पहली बार शत प्रतिशत समयबद्वता हासिल करने में सफलता प्राप्त की है इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन भी पूरे देश में समयबद्वता के आंकलन में पहले नंबर पर रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की समयबद्वता पूरे सत्रह जोन में सबसे अधिक लगभग संतानवे प्रतिशत रही है भारत में उनहत्तर रेलमंडल में मात्र पांच मंडलों को शत प्रतिशत समयबद्वता हासिल हुई है जिसमे रायपुर के अलावा जोधपुर रांची भावनगर और नागपुर रेलमंडल शामिल हैं मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने इस उपलधि के लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉक्टर प्रकाश चंद्र त्रिपाठी सहित परिचालन विभाग की संपूर्ण टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है भोजली महोत्सव रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि आदिवासी समाज ने विलुप्त हो रही परम्पराओं को जीवित रखा है उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने राज्य में अनेक स्थानों पर भोजली महोत्सव का आयोजन कर परम्पराओं के संरक्षण की मिसाल कायम की है श्री बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल गोंडी हल्बी और कुडुख में पढ़ाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी तक इन भाषाओं की जानकारी पहुंचनी चाहिए इसके लिए राज्य में बच्चों को छत्तीसगढ़ी सरगुजिया हल्बी कुडुख और गोंडी भाषा में शिक्षा देने के लिए डिजी दुनिया ऐप भी बनाया गया है

अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे वर्ष दो हजार पंद्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अटल स्मारक जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पृण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्दांजलि दी है और प्रार्थना सभा में भाग लिया छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय श्री वाजपेयी की यादों को छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा हृदय में संजोए रखेगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वापूर्वक नमन किया है उन्होंने कहा है कि अटल जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता रहे हैं सबको साथ में लेकर चलना उनकी खासियत थी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित ऐसे आदर्श सूर्य के समान है जो युगों युगों तक अमर रहेगा स्वर्गीय वाजपेयी की याद में आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आज पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद सुनील सोनी और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के आदर्शों और सिद्धांतों का स्मरण किया आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कल से लेह लद्दाख के पोलो ग्राउंड में शुरू होगा इसमें छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के शिल्पकार शामिल होंगे इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की आदिवासी चित्रकारी आकर्षण का केन्द्र रहेगी आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय मामलों का मंत्रालय और भारत का आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ मिलकर कर रहा है नौ दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक करेंगे इस बार महोत्सव का विषय है जनजातीय शिल्प संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव देशभर के बीस से अधिक राज्यों के लगभग एक सौ साठ जनजातीय शिल्पकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अपनी उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन करेंगे इस दौरान राजस्थान महाराष्ट्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बने जनजातीय कपड़ों के साथ ही हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश और पूर्वोत्तर के आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा छायाचित्र प्रदर्शनी राजधानी रायपुर के टाउन हॉल में लगी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छायाचित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए बच्चों और युवाओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह बना हुआ है जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर आधारित है इसमें महात्मा गांधी का प्रथम और द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे गढ़ा देश सभी वर्गो के विकास का संकल्प शिक्षा स्वास्थ्य सुपोषण अभियान महिला सशक्तिकरण हमारा गौरव हमारा रायपुर सांस्कृतिक विरासत हरेली और ब्लैक बोर्ड से की बोर्ड की ओर विकास पर चित्र सजाए गए हैं साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित तस्वीरों को भी बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है इक्कीस अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का अवलोकन आम लोग प्रतिदिन सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक कर सकते हैं गंगरेल बांध पानी प्रदेश के कृछ जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए गंगरेल बांध से पानी देने का निर्णय लिया है जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने महानदी परियोजना के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं कि कल सत्रह अगस्त से जलाशय से नहरों में पानी छोड़ा जाए मुख्य अभियंता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में जलभराव की जो स्थिति है उसे देखते हुए रायपुर धमतरी बालोद और बलौदाबाजार भाटापारा जिलों में आठ दिनों तक पानी दिया जा सकता है संक्षिप्त समाचार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के मौके पर आज प्रदेशभर में अनेक आयोजन हो रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में रानी अवंतीबाई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया सलाम रिजवी राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं

काकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया एक आईईडी बरामद कर इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन में तकनीकी कार्य की वजह से विशाखापट्नम जोधपुर एक्सप्रेस चौबीस अगस्त तक रद्द कर दी गई है बीजापुर के जांगला थाना क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई दुर्ग स्थित बिजली विभाग के रेवेन्यू कार्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने लॉकर काटकर छह लाख रूपये की चोरी की